दीप उत्सव के तहत आज दीपावली का पर्व प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज घर घर में मां लक्ष्मी की अराधना के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की जायेगी राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्वालुओं की विशेष भीड है सुबह मंगला झांकी के दौरान श्रद्वालुओं में विशेष उल्लास देखा गया इससे पहले कल रूपचतुर्दशी पर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया दीपावली के अवसर पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के प्रमुख बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जयपुर में चार दीवारी में बाजारों में आकर्षक रोशनी की गई तथा प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किये गये है

राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ वीना प्रधान ने कल जयपुर में बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसल का बेचान करते समय मूल गिरदावरी प्रस्तुत की थी उनकों भुगतान किया गया है और जल्द ही शेष किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि मूंग उड़द सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों के लिये अपनी उपज का समर्थन मूल्य पर बेचान के लिये ऑनलाइन पंजीयन जारी है

कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा श्री पॉलयट ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी लाभ लेने के लिए राम मंदिर मुद्दा उठा रही है

निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जनता को संदेश दिया जा रहा है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अभी भी जुड़वा सकते हैं

मतदाता जागरूरता अभियान के तहत जैसलमेर जिले के गढीसर पर जिला प्रशासन द्वारा दीप माला प्रज्जवलित कर मतदान का संदेश दिया गया झालावाड जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से दीपावली के अवसर पर मिठाई के डिब्बों पर वोट देने की अपील की जा रही है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां लोगों को वोट देने से रोका जा सकता है या प्रभावित किया जा सकता हैं इन क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है उन्होंने कल जोधपुर में संभाग स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है मतदान केन्द्रों पर बिजली पानी के साथ रैम्प की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया

ढाणियों तक बिजली लाइन सप्लाई कर चारों ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया

प्रदेश भर में दीपावली के अवसर पर प्रशासन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम के लिए आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि मिठाई के डिब्बे का वजन तथा उसका मूल्य द्वकान पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी श्रीगंगानगर में भी गत दिनों अनूपगढ़ घड़साना सूरतगढ़ पदमपुर रायसिंहनगर क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया गया पहाडी क्षेत्रों में हई बर्फबारी का असर प्रदेश में भी देखा जा रहा है लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में देर रात और सुबह सर्दी रहने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है

चूरू जिले में कल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मालासर गांव में एक ट्रक से अवैध डोडा पोस्त बरामद किया पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक सहित दो लोगों को गिरफ़तार किया है ये डोडा पोस्ट पंजाब ले जाया जा रहा था